उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया है इस फैसले की काफी समय से प्रतीक्षा थी

प्रधान न्यायाधोश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार योजना का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्गों तक लाभ पहुंचाना है क्योंकि विशिष्टि पहचान प्रमाण इन वर्गों को सशक्त बनाता है और इन्हें पहचान देता है न्यायालय ने कहा कि यह योजना अनूठी है तथा सर्वश्रेष्ठ होने से अनूठा होना कहीं अच्छा है

न्यायमर्ति सीकरी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके डाटा सुरक्षा की सशक्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि आधार योजना के तहत नाम दर्ज कराने के लिए यूआईडीएआई ने बहुत कम डेमोग्राफिक और बायोमीट्रिक डाटा एकत्र किया है न्यायालय ने कहा कि डुप्लीकेट आधार प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आधार योजना के तहत प्रमाणीकरण के लिए समुचित सुरक्षा तंत्र है न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन होता हो

केन्द्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने एससी एसटी कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देने के पक्ष में जोरदार दलील दी और कहा कि उनक पिछड़ेपन को ही आरक्षण का आधार माना जाए

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के फैसले को बसपा प्रमुख मायावती ने स्वागत योग्य बताया है उन्होंने सरकार से बिना कोई देरी किये इस फैसले को तत्काल प्रभाव से पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने की मांग की है लखनऊ में जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस बारे में लोकसभा में लम्बित पड़े संविधान संशोधन विधेयक को भी पारित कराना आवश्यक है सुश्री मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को वैधता प्रदान करने का भी स्वागत किया है उच्चतम न्यायालय अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण और उसकी वीडियो रिकाडिंग के लिए सहमत हो गया है न्यायालय ने कहा कि रोगाणु के नाश के लिए सूर्य की रोशनी बेहतर है शीर्ष न्याायालय ने कहा कि अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण से लोगों के जानने के अधिकार को अमल में लाया जा सकेगा और न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता आएगी

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से गौ सेवा के लिये संकल्प लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि हर परिवार को कम से कम एक एक गाय के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में चार करोड़ गाय है और तेईस करोड़ जनता ऐसे में पांच लोगों के बीच एक गाय का दायित्व आता है और इस दायित्व को समझना हर परिवार की जिम्मेदारी है

श्री योगी आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि समारोह में आयोजित संगोष्ठी में भारतीय संस्कृति में गो सेवा का महत्व विषय पर बोल रहे थे उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार हर जनपद में एक गौ सदन का निर्माण करने जा रही है इसमें पांच हजार से दस हजार गोवंश के पशु रखे जा सकेंगे इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि गाय का दूध मनुष्य के लिये अमृत है वहीं गाय का गोबर खेतों के लिये वरदान भी है यह खेती को उपजाऊ ही नही बल्कि उत्पादन क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देता है प्रतापगढ़ जनपद में करेन्ती सिराथू मार्ग पर गंगा नदी पर दो सौ अड़तालीस करोड़ नवासी लाख रूपये की लागत से सेतु का निर्माण कराया जायेगा

उन्होंने बताया कि कुंडा विकासखंड के अन्तर्गत गंगा नदी में करेन्ती घाट पर सेतु निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है उन्होंने बताया कि एक हजार दो सौ बहत्तर मीटर लम्बे इस सेतु के दोनों ओर दो दो सौ मीटर का पहुंच मार्ग भी बनाया जायेगा इस सेतु के बन जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग चौबीस पर स्थित कुंडा तहसील कौशाम्बी जनपद के सिराथू और नैनी से जुड़ जायेगी जिससे बड़ी संख्या में लोगों को आवागमन में सुविधा होगी प्रदेश में फसलों के अवशेष पराली न जलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा

प्रमुख सचिव कृषि अमित प्रसाद मोहन ने बताया है कि सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में निर्देश दे दिये गये हैं उन्होंने कहा कि धान और गेहूँ की फसलों की कटाई के बाद फसलों के अवशेष पराली जलाये जाने से खेतों की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और वातावरण प्रदूषित होता है मुख्य सचिव अनूप चन्द पाण्डेय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को अपेक्षाकृत कम धनराशि के प्रस्ताव भेजने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि केन्द्र से अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यो में तेजी लायी जाये

श्री पाण्डेय आज लखनऊ में राष्ट्रीय कृषि विकास याजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की अध्यक्षता कर रहे थे बैठक में अन्य प्रस्तावों के अलावा गोरखप्र में दो करोड़ पैंतालीस लाख रूपये की लागत से मृदा परीक्षण लैब स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया बुन्देलखंड क्षेत्र में इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से किसानों ने एक लाख पच्चीस हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई की है कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष लगभग तीन लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार होने की उम्मीद है जिससे किसानों में उत्साह है हमारे हमीरपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट सरकार ने धान खरीद की तैयारियां ही नहीं शुरू कर दी बल्कि पिछले वर्ष की अपेक्षा धान खरीद के समर्थन मूल्य में दो सौ रूपये प्रति कुन्टल की बढ़ोत्तरी भी की है अब किसानों को सरकारी खरीद पर एक हजार पांच सौ पचास की जगह एक हजार सात सौ पचास रूपये प्रति कुन्टल मिलेंगे

समाप्त